प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख तैंतीस हजार से अधिक मरीज हए स्वस्थ ठीक होने की दर छिहत्तर दशमलव तीन पांच प्रतिशत संसद का मॉनसून सत्र कल से हो रहा है शुरू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्यप्रदेश में बारह हजार गांवों के परिवारों को पौने दो लाख मकान सौंपे प्रधानमंत्री ने कल वीडियो काक्रेंस के माध्यम से गृह प्रवेशम पट्टिका भी जारी की श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के करोड़ों लोगों में अपना घर होने का सपना साकार होने का विश्वास जगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए हरसंभव कार्य कर रही है मैं समझता हूं कि गरीबी को पराजित करना है गरीबी से बाहर निकलना है तो गरीब की ताकत बहुत बड़ी ताकत बन जाती है और हमारी कोशिश यही है कि गरीबी से मुक्ति पाने का गरीबी हटाने का सबसे बड़ा रास्ता है गरीब को ताकतवर बनाना और उस रास्ते को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गरीब को अपनी लढ़ाई लड़ने की जो ताकत मिल रही है उसका परिणाम भी नजर आने लगा है प्रधानमंत्री ने कहा कि यह योजना सिर्फ लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं है बल्कि ये गरीबों में आत्मविश्वास भरने की भी है ये जो योजना है वे सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर बिजली पानी ईयन ये रोजमर्ता की जो जद्मेजहद है न उप्तसे वो बाहर निकलकर अपने काम में अपने भविष्य के लिए अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सकें

प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से निर्धनों का सपना पूरा करने के लिए इस योजना में अन्य योजनाओं को भी शामिल किया गया है सरकार की अनेक योजनाओं को जैसे मनरेगा सौभाग्य उज्ज्वला स्वच्छ भारत ऐसी अनेक योजनाओं को गरीब के घर के साथ जोड़ दिया है ताकि सबकी ताकत से गरीब का सपना पूरा हो जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डोर टू डोर सर्वे कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि इस कार्य में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त टीमें लगाई जाये

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे इस दौरान उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों में वेंटीलेटर सहित सभी मेडिकल उपकरण क्रियाशील रहने चाहिये

उन्होंने लखनऊ के सभी कोविड बेड्स को सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए कहा कि केजीएमय एसजीपीजीआई तथा आरएमएलआईएमएस अस्पताल अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कोविड नाइन्टीन के मरीजो के उपचार के लिए करें उन्होंने कहा कि लखनऊ के निजी मेडिकल कॉलेजों में संचालित कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाए चुस्त दुरूस्त और मानकों के अनुरूप होनी चाहिये उन्होंने पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने के भी निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिक से अधिक लोग इस ऑनलाइन ओपीडी सेवा का लाभ प्राप्त कर सके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से एनआईसी मऊ में आजमगढ़ मण्डल के विकास कार्यो की समीक्षा की उन्होंने जनकल्याणकारी नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अपेक्षित गतिशीलता लाकर विकास एवं निर्माण कार्यो को समयबद्व व गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिये

उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की जन समस्याओं के त्वरित स्थलीय समाधान के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने एक जनपद एक उत्पाद योजना के अन्तर्गत कार्य योजना बनाकर जनपद के विशिष्ट परम्परागत उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने के भी निर्देश भी दिये

उन्होंने बताया कि क्ल संक्रमितों से उन्हत्तर प्रतिशत पुरूष तथा इकतीस प्रतिशत महिलाएं संक्रमित है

एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने ग्राम निगरानी समितियों और रेजिडेंट वेलफेयर कमेटियों को सक्रिय और सतर्क रहने को कहा है

भारत में इस वर्ष जनवरी में केवल पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में ही इस तरह के जांच हो पा रही थी जबकि अब एक हजार सात सौ पांच प्रयोगशालाओं में संक्रमण के नमूनों की जांच की जा रही है उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप रैंकिंग में इमर्जिंग स्टार्टअप ईकोसिस्टम श्रेणी में जगह बनाई है प्रदेश दस राज्यों के साथ इस श्रेणी में शामिल है नई स्टार्टअप नीति के तहत तीन सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस बनाये जाने हैं एक मेडिकल क्षेत्र में एसजीपीजीआई में बन रहा है दसरे सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिये नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिये आईआईटी कानपूर में प्रस्ताव दिया है देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेंशन सेन्टर लखनऊ में बनना है जिसके लिये अमौसी एयरपोर्ट के सामने भूमि चयनित कर ली गई है संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है सत्र की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात संसद के सम्क्ष मृद्रे विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से दस बजे तक इन्द्रप्रस्थ और एफ एम गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है अंग्रेजी में इश्यूज बिफोर पार्लियामेंट कार्यक्रम रात साढे नौ बजे से दस बजे तक राजधानी और एफ एम रेनबो पर प्रसारित किया जाएगा केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार मजदूरों के लिये कई नई योजनाओं पर काम कर रही है जिसमें ऐच्छिक पेंशन योजना भी शामिल है श्री गंगवार ने बरेली में कहा कि सरकार मजदूरों का डेटा तैयार कर रही है जिसके बाद केन्द्र सरकार की सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मजदूरों को मिल सकेगा